स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल में बताया कि आईजीएमसी के नए ओपीडी ब्लाक में यह सुविधा मिलनी शुरू होगी विधायक अनिरूद्व सिंह के मूल सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नई ओपीडी में डिजीटल सबट्रेक्शन एंजियोग्राफी मशीन स्थापित कर दी गई है उन्होंने कहा कि डिजीटल सबट्रेक्शन एंजियोग्राफी मशीन के शुरू होने से डॉक्टरों को सटीक व उच्च गुणवत्ता की जांच से ईलाज करने में बहुत मदद मिलेगी और मरीजों को बाहर के प्रदेशों का रुख नहीं करना पड़ेगा

इस प्रोजेक्ट के तहत आईजीएमसी में कोबाल्ट विधि की पुरानी मशीन को लीनियर एक्सीलेटर से बदला जा रहा है उन्होंने कहा कि पैट स्कैन मशीन संबंधी मामला मुख्यमंत्री से उठाया गया है यह बहुत महंगी मशीन है और इस पर सरकार के स्तर पर विचार हो रहा है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव राज्य में जल्द ही ई वाहन नीति लागू की जाएगी और इसे आने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में लाने के बाद प्रदेश में प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा

परिवहन मंत्री ने कहा कि हिमाचल में परिवहन सेवाओं के विस्तार की जरूरत को देखते हुए इस दिशा में आगे बढ़ना जरूरी है गोविंद ठाकुर ने कहा कि हिमाचल परिवहन सेवा में तेज गति से आगे बढ़ा है उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने पारदर्शी तरीके से ई बसें खरीदी हैं जो पिछली सरकार द्वारा खरीदी गई बसों की कीमत के मुकाबले कम है

इसकी सैद्वांतिक मंजूरी मिल गई है परिवहन मंत्री ने कहा कि सरकार ई वाहन पालिसी बना रही है और इसे जल्द जारी करेंगे

उन्होंने बताया कि ये वो लोग होंगे जो पिछले काफी समय से इस सूची में थे और जिनकी आर्थिक स्थिति अब ठीक हो चुकी है वीरेंद्र कंवर ने साफ किया कि प्रदेश सरकार द्वारा ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है जिसमें ये लिखा हो कि सरकार किसी पंचायत को बीपीएल मुक्त बनाने जा रही है उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश में बीपीएल को माफिया बनने से रोकना है वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि बीपीएल की सूची से फर्जी लोगों को बाहर निकालने का सरकार का अभियान लगातार जारी रहेगा

भाजपा बैठक प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों की एक बैठक आज शिमला में पार्टी कार्यालय दीपकमल में हई बैठक की अध्यक्षता करते हुए भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने पार्टी के संगठनात्मक चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की

उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की बदौलत भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है जयराम ठाकुर ने कहा कि पार्टी का बूथ स्तर का कार्यकर्ता संगठन का कार्य करते करते राष्ट्र स्तर तक पहुंचता है बैठक को सांसद व राष्ट्रीय सह चुनाव अधिकारी विनोद सोनकर ने भी संबोधित किया इस दौरान सभी पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहे बधाई श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज प्रदेशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस अवसर पर विभिन्न मंदिरों में भजन कीर्तन सहित अन्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व की शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण की शिक्षाएं व दर्शन आज के संदर्भ में भी आवश्यक हैं जिनका अनुसरण कर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने संदेश में कहा कि भगवत गीता ने समूचे विश्व का ध्यान आकर्षित किया है